मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण और लॉकडाउन के बाद ठप्प पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने को लेकर आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया सभी दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी की बंदिशें पहले की तरह ही लागू रहेंगी बैठक में स्कूलों को आगामी एक जुलाई से खोलने पर भी विचार विमर्श किया गया रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई छूट नहीं मिलेगी मॉल सिनेमाघर राजनीतिक सभाएं और सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध पहले की तरह की जारी रहेगा लोगों की दिक्कतों को देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति तहसीलदार देंगे अनुमति देने की प्रक्रिया को भी सरल और आसान बनाया जा रहा है बैठक में बताया गया कि क्वारेंटाइन सेंटरों में मनोरंजन के लिए टीवी रेडिया की व्यवस्था के साथ ही मनोवैज्ञानिकों की भी सेवाएं ली जाएंगी मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने वाले श्रमिकों को राशन और रोजगार की चिंता से मुक्त करने की जरूरत है इसके लिए तत्काल उनके राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएंगे प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी क्शल और अर्द्वक्शल श्रमिकों की सूची उद्योगों को उपलब्ध कराई जाएगी प्रदेश में अब तक दो लाख बारह हजार प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है

इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना आवश्यक है इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी खर्च के युक्तियुक्तकरण और उपलब्ध संसाधनों का विकासमूलक कार्यों में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मितव्यता का निर्णय लिया है इसके तहत नए पदों का निर्माण स्थानांतरण महंगे होटलों में बैठकें विदेश यात्रा और नए वाहन खरीदी पर रोक लगा दी गई है वहीं रिक्त पदों पर भर्ती पदोन्नति वार्षिक वेतन वृद्धि में मितव्यता के भी निर्देश जारी किए गए हैं लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी रिक्त पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी पहले से अनुमति प्राप्त हो चुकी है लेकिन नियुक्ति शेष है उनके लिए भी पुनः अनुमति लेनी होगी पदोन्नति क्रमोन्नति के फलस्वरूप देयक एरियर्स राशि के भुगतान को भी निलंबित रखा गया है सभी शासकीय विभागों सार्वजनिक उपक्रमों और निकायों में नए पद सुजन पर रोक लगाई गई है स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा इसी तरह विभागों को बैठकों का आयोजन भी कम से कम करने को कहा गया है आदेश में कहा गया है कि अति आवश्यक नई योजनाओं को ही प्रारंभ करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा वहीं पहले से संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाएगी वर्तमान में अनुपयोगी योजनाएं बंद की जाएंगी चालू वित्तीय वर्ष में नए वाहनों की खरीदी भी प्रतिबंधित रहेगी ऑटो टैक्सी आवागमन प्रदेश में जिलों के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए कल से टैक्सी ऑटो के परिचालन की सशर्त अनुमति दी जाएगी परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं इसके तहत जिले के भीतर टैक्सी ऑटो का परिचालन नियमानुसार किया जा सकेगा वहीं अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिचालन के लिए ऑनलाइन ई पास आवश्यक होगा बिना अनुमति ऑटो टैक्सी के परिचालन पर कार्रवाई की जाएगी यात्रा के दौरान चेहरे पर मास्क लगाना स्वच्छता सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियंत्रण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन भी अनिवार्य होगा

इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं केन्द्र सरकार ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारेंटाइन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्तेभर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने चौदह दिन के लिए होटल की अग्रिम बुकिंग कर ली थी केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल सात दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से मना कर रहे हैं उन्हें केवल सात दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाए कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी का प्रसार रोकने के लिए लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील दोहराई है मंत्रालय ने ट्वीटर पर कहा है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने साबुन और पानी से हाथ धोने या एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग जैसे नियमों का पालन करना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना दंडनीय अपराध बनाया गया है इससे वायरस के प्रसार का जोखिम भी बढ़ सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ्र मदद में देरी हो सकती है जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे दो गज की दूरी का पालन करें साथ ही उन्हें अपने नाक और मुंह को भी छुने से बचना चाहिए लोगों को तम्बाकू सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए

आरोग्य सेतु ऐप देश में कोरोना वायरस रोगियों के सम्पर्क में आए रोगियों का पता लगाने संक्रमण के क्षेत्रों की जानकारी और स्व आकलन के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु अब ओपन सोर्स हो गया है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में यह घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्धांत रहे हैं

इनमें बालोद से छह कांकेर और मुंगेली से चार चार जशपुर से दो तथा बेमेतरा और सूरजपुर से एक एक मरीज मिले हैं वहीं आज जगदलपुर से कोरोना संक्रमित एक नये मरीज की पुष्टि हुई है इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर अब तीन सौ इकसठ हो गई है फिलहाल दो सौ इकयासी मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं अस्सी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं जगदलपुर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है बस्तर कलेक्टर ने बताया कि चौबीस वर्षीय यह युवक दिल्ली का रहने वाला है और जगदलपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है कुछ दिन पहले ही वह दिल्ली से वापस जगदलपुर पहुंचा था जिसे क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था इस बीच कबीरधाम जिले की कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला को एम्स रायपुर से स्वस्थ होने के बाद आज छुट्टी दे दी गई इस महिला को अब चौदह दिन के क्वारेंटाइन में रखा जाएगा राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गहिराभेड़ी स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में रांची से लौटे एक मजदूर की मौत हो गई मृतक का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है इधर मुंगेली कलेक्टर ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों के गांव बाघामुड़ा और तरवरपुर का दौरा किया तथा मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटर का भी जायजा लिया कलेक्टर ने संबंधित गांवों को सील करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित करने के भी निर्देश दिए हैं

इस मजदूर के चार अन्य साथियों के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है और उन्हें क्वारेंटाइन में रखा गया है उधर बलरामपुर जिले के सामरी स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में तैनात एक आरक्षक ने खुद को गोली मार ली आरक्षक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं राजनांदगांव जिले में बाईस हजार से अधिक श्रमिक दूसरे राज्यों से अपने गांव लौट चुके हैं गांवों में इन मजदूरों का पंजीयन किया जा रहा है ताकि क्वारेंटाइन अवधि पूरी होने के बाद श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके इसी जिले में लॉकडाउन के दौरान शादी की अनुमति के लिए एसडीएम कार्यालयों में सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं प्रशासन ने शादी समारोह में पचास लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है इधर रायगढ़ जिले के खरसिया में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मास्क नहीं लगाने वाले पचास लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है वहीं रायगढ़ पुलिस ने कोतरा रोड स्थित एक हुक्काबार में छापामार कार्रवाई की कोरोना श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को सकुशल वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में फंसे श्रमिकों की वापसी के लिए दो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज जम्मू कश्मीर के कटरा से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो रही हैं ये ट्रेनें कटरा से चांपा आएंगी इस बीच कोयम्बदूर से विशेष ट्रेन आज दो सौ प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को लेकर कोरबा पहुंची स्टेशन पर सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया इसी तरह त्रिवेन्द्रम से पांच सौ अड़सठ श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन अंबिकापुर पहुंची इन श्रमिकों को चौदह दिन के क्वारेंटाइन में रखा जाएगा गौरतलब है कि अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों विद्यार्थियों और चिकित्सा की आवश्यकता वाले लोगों की वापसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं श्रमिकों की वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है रेलवे आरक्षण काउंटर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के स्टेशनों में उन्नीस आरक्षण काउंटर खोले गए हैं जहां विशेष ट्रेनों के आरक्षण और टिकट रद्द करने के कार्य किए जा रहे हैं बीते बाईस से छब्बीस मई के बीच मंडल के सभी काउंटरों से लगभग एक करोड़ पंद्रह लाख रूपये रिफंड के रूप में भुगतान किए जा चुके हैं इन सभी काउंटरों में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है कोरोना हाईकोर्ट सुनवाई कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों में पंद्रह जून तक सुनवाई स्थगित की गई हे लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी न्यायालयों में पहले की तरह ही दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जा सकेगी वीआईपी सुरक्षा राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सांसदों मंत्रियों विधायकों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई है और उसके अनुरूप अंगरक्षक और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में बैठक लेकर विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के सभी सांसदों मंत्रियों विधायकों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करने को कहा है पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि विशिष्ट व्यक्तियों के निवास तथा उनके प्रवास कार्यक्रमों पर संबंधित पुलिस अधीक्षक उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे विशिष्ट व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए वाहनों का रखरखाव तथा चालक और फॉलोगार्ड की शारीरिक दक्षता का भौतिक रूप से सुरक्षा ऑडिट के निर्देश भी दिए गए हैं माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में खासकर बस्तर संभाग राजनांदगांव और कबीरधाम प्रवास के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी मौसम प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग एसी कूलर सहित अन्य उपाय कर रहे हैं मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक पैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया वहीं राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान तिरालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा

वर्ष उन्नीस सौ चौसठ में सत्ताईस मई को उनका निधन हुआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है रायपुर रेलमंडल के उरकुरा रायपुर अप लाइन स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक खमतराई गेट पर मरम्मत कार्य की वजह से उनतीस मई की रात दस बजे से इकतीस मई सुबह छह बजे तक आवागमन बंद रहेगा

दुर्ग जिले में छावनी पुलिस ने कपड़ा व्यवसायी से जमीन खरीदी के नाम पर अट्ठारह लाख रूपये की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है रायगढ़ जिले के गेरवानी पाली मार्ग पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया

वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया